पूरे प्रदेश में आज मोहर्रम श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने के शुरू में आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती में देशभर से यूवाओं ने बहत ही उत्साहपूर्वक भाग लिया

प्रधानमंत्री ने देश की युवा प्रतिभाओं से भारत पर आधारित कम्प्यूटर गेम तैयार करने की अपील की उन्होंने कहा कि ये गेम देश के समृद्ध इतिहास पर आधारित होने चाहिए श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए ऑनलाइन गेम और खिलौना क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं श्री मोदी ने गुरूदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर को भी याद किया जिन्होंने कहा था कि खिलौने ऐसे होने चाहिए जो बालमन में रचनात्मकता को बढ़ावा दें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों के जीवन पर खिलौनों के प्रभाव पर काफी ध्यान दिया गया है

श्री मोदी ने कहा कि भारतीय कृषि कोष का निर्माण किया जा रहा है जिससे प्रत्येक जिले की फसलों और उनके पोषण मूल्य की पूरी जानकारी मिल सकेगी

उन्होंनें पोषण अभियान के लिए जन भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया प्रधानमंत्री ने कहा कि जन भागीदारी ही पोषण अभियान को सफल बना सकती है जिस तरह कक्षा में एक क्लास मॉनीटर होता है उसी तरह न्यूट्रीशन मॉनीटर भी हो और रिपोर्ट कार्ड की तरह न्यूट्रीशन कार्ड भी बने प्रधानमंत्री ने कहा कि पांच सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जायेगा उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि शिक्षकों ने कोरोना संकट से उत्पन्न चुनौती को स्वीकार करते हुए इसे अवसर में बदल दिया है आज सूचना तकनीकी का अध्यापन के लिए सहजता से उपयोग हो रहा है प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए कहा कि इससे देश में बड़ा बदलाव आयेगा और इसका लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी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 राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार जारी है

कल राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान बारह सौ निन्यानवें नए मरीज मिले जबकि ग्यारह संकमितों की मौत हो गयी है वहीं नौ सौ अंठावन लोग स्वस्थ्य हुए हैं कल राजधानी रांची में दो सौ संतावन नये संक्रमितों की पुष्टि की गयी है

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में प्रतिदिन रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी हो रही है

ऐसे संक्रमण काल में सितंबर में आयोजित होने वाले जेईई नीट की पतियोगिता परीक्षा लाखों बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है इस बात का ध्यान केंद्रीय शिक्षा मंत्री को रखना चाहिए मुख्यमंत्री ने छात्रों के स्वास्थ्य के मद्देनजर देश के युवाओं खासकर चिकित्सकों और इंजीनियरों से आयोजित होने वाली जेईई नीट प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में सुझाव मांगा है

गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि कल गिरिडीह पहुंचने पर सांसद की कोरोना जांच कराई गई थी उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई आज राज्य सरकार के आदेश के आलोक में उन्हें होम क्वारंटीन से मुक्त कर दिया गया है सांसद जब चाहे गिरिडीह से जा सकते हैं

राजधानी रांची में कल से पांच सितंबर तक बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जायेगा इसके अंतर्गत प्रतिदिन किशोरी यादव चौक से पिस्का मोड़ तक और कचहरी से मेन रोड होते हए ओवर ब्रिज तक अतिकमण हटाया जायेगा इसको लेकर नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है इस अभियान में किसी तरह का व्यवधान न हो इसके लिए निगम के उपनगर आयुक्त ने सदर एसडीओ को पत्र लिखकर मजिस्ट्रेट और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग की है हजारीबाग के मेरु स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारियों व जवानों ने इस वर्ष उनतीस हजार पौर्ध लगाने का काम किया है ये पौधे प्रशिक्षण के केन्द्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी लगाये गये हैं बीएसएफ परिसर में और बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में भी पौधे लगाए गए हैं पौधरोपण समारोह का समापन करते हुए बीएसएफ के महानिरीक्षक अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि पौधारोपण की पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस कार्य में बीएसएफ के सेवानिवृत पदाधिकारी पंचायत प्रतिनिधि और क्षेत्र के जागरूक नागरिकों का भी भरपूर सहयोग मिला जामताड़ा साइबर पुलिस ने कल जिले के पोरसोई गांव से दो साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार आरोपियों के पास से अलग अलग बैंकों के आठ एटीएम कार्ड दो बैंक पासबुक सहित अन्य सामान बरामद किये गये हैं पुलिस ने आज गिरफ्तार अपराधियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद जेल भेज दिया बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबा थाना के सरडीहा गांव से दो पैसन प्रो मोटरसाइकिल चोरी कर भाग रहे दो चोरों को गढ़वा जिले के मझिआंव पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया इस सम्बंध में गढ़वा पुलिस उपाधीक्षक बहामन टूटी ने बताया कि शनिवार को गुप्त सूचना पर मझिआंव चेकनाका पर जांच के दौरान दोनों आरोपियों को चोरी के मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त कर आरोपियों को जेल भेज दिया है पाक्ड़ जिले की पुलिस ने विस्फोटक पदार्थो से भरा एक चार पहिया वाहन को जप्त किया है जब्त वाहन से विस्फोटक पदार्थ के रूप में पाँच हजार से अधिक जिलेटिन बरामद की गई है इस संबंध में महेशपूर थाने में एफआईआर दर्ज कर दोषियों की धर पकड़ के लिए पुलिस की छापेमारी अभियान जारी है जिले के पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल ने बतया कि बरामद विस्फोटक पदार्थ चौदह बोरों में बंद था और इसे प्रखण्ड के एक पत्थर व्यवसायी को आपूर्ति के लिए ले जाया जा रहा था

लोगों ने बताया कि ट्रक का टायर फटने से ये घटना हुई जिसमें चालक सदस्य बाल बाल बचे यह ट्रक एलपीजी सिलेंडर लेकर बिहार का जहानाबाद जा रहा था हजारीबाग जिले के केरेडारी के बकचोमा गांव के समीप पिपराटांड के पास सीआरपीएफ जिला पुलिस बल और माओवादी उग्रवादी संगठन के बीच कल शाम से चली आ रही मुठभेड़ खत्म हो गई मुठभेड़ के दौरान माओवादी उग्रवादियों ने घने जंगलों का लाभ उठाकर भाग गए पुलिस द्वारा सघन जांच के दौरान दैनिक उपयोग के सामान और दवा बरामद किया गया घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि मुठभेड़ में माओवादी संगठन के मिथलेश दस्ता के शामिल होने की आशंका है